कई पुलिस कर्मी घायल

प्रत्याशियों और सीटों के नाम पर होगी चर्चा

राजधानी पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने गई प्रलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीबीएसई कार्यालय एसएसबी कार्यालय और राजीव नगर थाना के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गये पुलिस बल पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये उग्र भीड़ ने महिला पुलिसकर्मी से मार पीट की और पुलिस की एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा साथ ही हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि प्रशासनिक काम काज में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि केवल राजीव नगर थाना सीबीएसई कार्यालय और एसएसबी कार्यालय के लिए आंवटित जमीन पर ही कब्जा हटाया गया है किसी अन्य भूमि पर कार्रवाई नहीं होगी इधर कैमूर जिले के रामगढ़ में कल थाना पर हमला करने वाहनों में आग लगाने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में अस्सी लोगों के खिलाफ नामजद और दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कल पटना में महत्वपूर्ण बैठक होगी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने की सम्भावना है सूत्रों ने बताया कि जदयू द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने वाले सत्रह सीटों के नाम पर भी विचार विमर्श होगा भाजपा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मूख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बूलाई गयी रैली में शामिल सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा की पार्टी विरोधी गतिविधियों का संज्ञान लिया गया है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि श्री सिन्हा के खिलाफ निश्चित रूप से कदम उठाया जायेगा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन दलों की करारी हार होगी और एनडीए की जीत होगी उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गयी भाजपा विरोधी रैली पर कटाक्ष करते हुये कहा कि सत्ता का दुरूपयोग कर जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा और सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है श्री राय ने कहा कि रैली में एकजुट दलों की खासियत है कि सभी नेता पारिवारिक वंशवादी और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अठाईस जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत भी अठाईस जनवरी तक के लिए बढ़ाई है आई आर सी टी सी घोटाले से संबंधित मामले सी बी आई और प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज कराए थे ये घोटाला भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम आई आर सी टी सी के दो होटलों को चलाने का ठेका एक निजी फर्म को सौंपे जाने से संबंधित है अठाईस जनवरी को अदालत लालू प्रसाद और अन्य अभियुक्तों की नियमित जमानत की अर्जी पर अपना आदेश सुनाएगी इससे पहले श्रीमती राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज अदालत के समक्ष पेश हुये केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी स्थित मठ बनवारी में मदर डेयरी के द्ग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया श्री सिंह ने कहा कि इस संयंत्र की स्थापना से स्थानीय दूध उत्पादक और किसानों को काफी लाभ होगा केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने क्षेत्र के किसानों को दूध का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए इस संयंत्र की स्थापना की है समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मार्च महीने से संयंत्र द्वारा बारह सौ पचास गांवों के किसानों से प्रति दिन दो लाख लीटर दूध संग्रह किया जायेगा उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कम्फेड द्वारा समस्तीपुर में डेयरी संयंत्र और भोजपुर के बिहिया में पशु आहार कारखाना स्थापित किया जायेगा इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक के दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा जनवरी में आयोजित परीक्षा के पेपर वन के परिणाम आज घोषित कर दिये गये हैं और इसमें पन्द्रह छात्रों का स्कोर सौ पर्सेंटाइल रहा है परीक्षा के लिए नौ लाख उनतीस हजार छात्रों ने आवेदन किया था जिनमें आठ लाख चौहत्तर हजार छात्र परीक्षा में शामिल हुए जेईई मेन की एक और परीक्षा अप्रैल में होनी है दूसरी परीक्षा का परिणाम आने के बाद संयुक्त रैंकिंग जारी की जायेगी जिसके आधार पर दाखिला शुरू होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गड़बड़ियों के आरोप मे पैंतीस उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता निलंबित कर दी है बोर्ड ने इन संस्थानों में दाखिले पर रोक लगाते हुये इनके प्रमुखों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है उन्होंने किसानों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि यदि किसी किसान को यूरिया प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो वे किसान निदेशालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो एक सात एक शून्य तीन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इधर रोहतास जिले में कृषि पदाधिकारी ने किसानों को यूरिया वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में बिक्रमगंज अनुमंडल के तेईस खाद दुकानों का लाईसेंस निलंबित कर दिया है नवादा जिले के सिरदला थाना में पदस्थापित एक सिपाही को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सत्रह हजार रूपये घ्रस लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार किया है आरोपी सिपाही राज भाई एक गिट्टी लदे ट्रक को छोड़ने के एवज में घूस ले रहा था पूछताछ के लिए आरोपी को पटना स्थित ब्यूरो के मुख्यालय लाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए ग्रिड का जाल बिछाया जा रहा है मध्रबनी के घोघरडीहा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा है कि बिजली की खपत बढ़कर प्रति वर्ष पांच हजार एक सौ मेगावाट हो गयी है जो पहले मात्र सात सौ मेगावाट थी इधर सहरसा जिले के सत्तरकटैया प्रखंड में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने चौदह सौ एमभीए क्षमता वाले विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास किया निर्माण पूरा हो जाने पर यह केन्द्र सहरसा सुपौल मधेपुरा पूर्णियां खगड़िया और बेगूसराय में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत करेगा इसके निर्माण पर तीन सौ करोड़ रूपये की लागत आयेगी बक्सर जिले के ड्मरांव थाना क्षेत्र से पूलिस ने एक ट्रक से लगभग छिहत्तर लाख रूपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है इस मामले में ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया गया है इधर नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के पतांगी गांव में उत्पाद विभाग ने एक वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त की है वहीं शेखपुरा और शिवहर जिले में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान शराब के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ताईस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशों के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बावनवीं कड़ी होगी कटिहार जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई दोषी पर पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है घटना को लेकर आजमनगर थाने में दस मई दो हजार पन्द्रह को पीड़िता के पिता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी

कई पुलिस कर्मी घायल

प्रत्याशियों और सीटों के नाम पर होगी चर्चा